श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कल सर्वदलीय बैठक की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा उन्होने कहा कि सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गयी है श्री मोदी ने कह कि आज हम सभी हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुट हैं और उनके साहस और बहाद्री पर पूरा भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है लेकिन संप्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये सीमा क्षेत्र में ब्नियादी ढांचे के विकास को प्रम्खता दी है विभिन्न नेताओं से प्राप्त स्झावों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भविष्य की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष रक्षा बलों के साथ एकज्ट होकर खडा है और युद्ध की तैयारी स्निश्चित होने पर हर बलिदान के लिये तैयार है

प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से इसका श्भारभ किया इस अवसर पर बिहार के म्ख्यमंत्री नीतीश क्मार के अलावा उत्तर प्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे

सभी नए मामले एसिम्टोमेटिक है और संगरोध स्विधाओं में पाया गया है

जबकि शेष लगभग दो प्रतिशत बिजली राज्य को उसकी हिस्सेदारी के रुप में मिलेगी इस जल विद्युत परियोजना के पहली इकाई के श्रु होने की जानकारी देते हुए राज्य के उप म्ख्यमंत्री और बिजली मंत्री चाउना मैन ने कहा कि एक सौ पचास मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई में भी एक सप्ताह के भीतर बिजली उत्पादन होने लगेगा जिसे राज्य को उसके शेयर के रुप में तिरासी मेगावाट बिजली मिल सकेगी उप म्ख्यमंत्री ने आशा प्रकट की कि कामेंग़ जल विद्य्त परियोजना से न सिर्फ राज्य को राजस्व प्राप्त होगा बल्कि राज्य के शिक्षित य्वाओं को रोजगार और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा